देश में राष्ट्रीय जल संसाधन के सरंक्षण के उपायों की योजना बनाने और जल शक्ति अभियान में समन्वय करने के लिए के लिए अपर और संयुक्त सचिव स्तर के करीब ढाई सौ अधिकारियों को पानी की कमी वाले जिलों का प्रभारी नियुक्त किया गया है

प्रदेश में भी गहराते जल संकट से निपटने के लिए आज से सभी जिलो में जल शक्ति अभियान चलाया जायेगा

इस अभियान के तहत वर्षा जल संचयन जल संरक्षण परम्परागत और अन्य जलाशयों का जीर्णोद्वार और सघन वृक्षारोपण के कार्य बड़े पैमाने पर किए जाएंगे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में कल प्रधानमंत्री ने लोगों से जल संरक्षण के लिए आंदोलन शुरू करने की अपील की थी

सरिस्का और रणथम्मौर अभ्यारण्य में अब पर्यटक एक अक्टूबर से घूम सकेंगे पर्यटकों की सुविधा के लिये दोनों ही अभ्यारण्यों में बफर जोन खुला रहेगा वन अधिकारियों ने बताया कि मानसून के दौरान तीन महीने का समय वन्य जीवों के प्रजनन का होता है इसलिये पर्यटकों का प्रवेश बंद किया जाता है

पहली अक्टूबर से यह अनिवार्य हो जाएगी छोटे करदाताओं के लिए सहज और सुगम रिटर्न का प्रस्ताव किया गया है वित्तीय और कंपनी कार्य राज्य मंत्री अनुराग ठाकर इस अवसर पर आज नई दिल्ली में एक समारोह की अध्यक्षता करेंगे वित्त मंत्रालय की विज्ञप्ति में कहा गया है कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय जीएसटी पर एक प्रस्तक भी जारी करेगा नई कर प्रणाली लागू करने में कठिन परिश्रम करने वाले अधिकारियों को जीएसटी सराहना प्रमाण पत्र दिये जाएंगे इससे पहले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस बात पर बल दिया था कि जी एस टी एक नई प्रणाली है और सरकार इसमें उपभोक्ताओं के लाभ के लिए परिवर्तन करती रहेगी

इंडियन ऑयल कॉपोरेशन के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इनकी दरों में गिरावट के बाद यह निर्णय लिया गया है के न्द्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने आकाशवाणी को बताया कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतों में गिरावट का फायदा आम लोगों तक पहुंचाया गया है

आरटीजीएस और नेफ्ट प्रणाली के माध्यम से धनराशि के अंतरण पर आज से सभी प्रभारों को मुक्त करने के निर्णय की घोषणा के बाद भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी बैंको से इसका लाभ तत्काल प्रभाव से उपभोक्ताओं को देने को कहा है आरटीजीएस प्रणाली का उपयोग बड़ी धनराशि के मौके पर ही अन्तरण के लिए होता है जबकि एनईएफटी का उपयोग दो लाख रुपए तक की धनराशि के अंतरण के लिए किया जाता है आरटीजीएस और एनईएफटी के माध्यम से होने वाले पैसे की लेनदेन पर लगाया जाने वाला शुल्क हटाने के बाद देश मे डिजिटल ट्रांजेक्शन्स मे बढोत्तरी होगी पैसे के लेनदेन करने के लिये यह सबसे ज्यादा तेज और सुरक्षित तरीका है यह लेनदेन निःशुल्क होने से ज्यादा से ज्यादा लोग इस सुविधा का लाभ ले सकते है

जम्मू कश्मीर में आज सवेरे दोनों ही मार्गों बालटाल और पहलगाम से ये यात्रा शुरू हुई

विश्वविद्यालय के कार्यवाहक कुलपति अश्विनी कुमार ने बताया कि जो परिणाम देरी से आ रहे है उनमें सुधार किया जायेगा उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय ने जिन कार्यो की जिम्मेदारी ली है उन्हें जल्द से जल्द पूरा करने का प्रयास किया जायेगा और नये विषय विभाग खोले जायेंगे

प्रतापगढ के ग्रामीण अंचलों में खेतों में पानी भर गया जलाशयों में पानी की आवक हुई

दौसा जिले में भी कल बारिश के साथ तेज अंधड आया जिससे कई स्थानो पर पेड और बिजली के खम्भे गिर गये

बच्चों को लालसोट के अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां से चार बच्चों की गंभीर हालत देखते हुए जयपुर रैफर किया गया सवाईमाधोपुर जिले में भी कल आधे घंटे तक तेज बरसात हुई